आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर कर को कम करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है

चार महीने तक चलने वाले अभियान के दौरान एक लाख बच्चों और तीस हजार से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है इंदौर जिले में इस अभियान का षुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया

प्रधानमंत्री मात वंदना योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है टीकमगढ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान जिले में पहली बार मां बनने वाली महिलाओ को तीन किस्त के जरिए पांच हजार रूपये की प्रोत्साहन राषि प्रदान की जायेगी जिले में सप्ताहभर जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे

गैस पीड़ितों और उनके परिजनों ने कल संयंत्र के पास मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया पीडितों ने सरकार से मुफ्त इलाज प्रद्षित इलाके के जुहर की सफाई करने और यूनियन कार्बाइड के वर्तमान मालिक डाव केमिकल कपनी से मुआवजा दिलवाने की मांग की है राजधानी भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी बरकतउल्ला भवन में सर्वधर्म प्रार्थनासभा का आयोजन किया जाएगा इसमें राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेष के क्छ मंत्रियों और प्रमुख अधिकारियों के साथ ही सभी धर्मो के धर्म ग्रू षामिल होंगे

इसकी चपेट में आने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में इसके द्ष्प्रभाव से लोग आज भी पीड़ित हैं अस्पताल हड़ताल इंदौर के एक शासकीय अस्पताल में एक सुरक्षाकर्मी पर हुए हमले के विरोध में आज सुबह हडताल पर गए अस्पताल के सभी चिकित्सक और अन्य कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद वापस काम पर लौट आये हड़ताल समाप्त कराने के बाद स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने संवाददाताओं से कहा कि शासकीय अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है उन्होंने अस्पताल में सेवाए दे रहें शहर के समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि हमले के दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी सांसद प्रकरण रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल समेत नौ लोगों को खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है

नगर पुलिस अधीक्षक शिवेन्द्र सिंह ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारियों की शिकायत पर कल रात रीवा संसदीय क्षेत्र के सांसद जनार्दन मिश्रा पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेन्द्र शुक्ला सेमरिया के भाजपा विधायक के पी त्रिपाठी महापौर ममता गुप्ता जिला भाजपा अध्यक्ष विद्याप्रकाश श्रीवास्तव जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल नगर निगम के अध्यक्ष सतीश सोनी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मनीषा पाठक और पार्षद प्रकाश सोनी के खिलाफ पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है